जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि बाबा कांशीराम का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और उन्होंने गीतों व कविताओं के माध्यम से आजादी के लिए जन जागरण अभियान चलाया उन्होंने कहा कि बाबा कांशीराम ने अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताया और आजादी भिलने तक काले कपडे पहनने का व्रत लिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष पहाडी गांधी बाबा कांशीराम का स्मारक बनाने की घोषणा की थी जिसके लिए मकान व भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है

सुरेश भारद्वाज कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के दौरान समाज सेवा और सुरक्षा का दायित्व निभाने में पुलिस विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इसमें यातायात पुलिस का भी सराहनीय कार्य रहा है ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कोरोना योद्वा सम्मान कार्यक्रम के तहत यातायात पूलिस कर्भियों को सम्मानित करने के बाद कही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सफाई बैंक मीडिया और पुलिस कर्भियों के साथ साथ अन्य कोरोना योद्वाओं ने अपने घरों से निकल कर समाज हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया

भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर के विभिन्न थानों और चौकियों में कार्यरत प्रलिस कर्मियों को कोरोना योद्वा के रूप में भाजपा मण्डल द्वारा सम्मानित किया गया है

वे आज शिमला से वीडियो कॉनफेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग कुल्लू वृत के कार्यो व उपलब्धियों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे

इस बीच वन मंत्री ने विडियों कॉन्फेसिंग के माध्यम से हमीरपुर वनवृत के उना देहरा और हमीरपुर वन मंडलों के कार्यो व उपलब्धियों की समीक्षा भी की

राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी आपदा मानव निर्भित है और ऐसे में प्रकृति का दोहन समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है सोलन में में अपने जन्म दिवस पर राजीव सैजल ने पौधा रोपित करने के बाद कहा कि वृक्ष लगाकर हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि प्रकृति के दोहन को रोका जा सके

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किराया वृद्धि को जन विरोधी फैसला करार दिया है उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार कोरोना संकट में भी अपने खजाने भरने में लगी है उन्होंने कहा कि सरकार का न तो कोरोना पर कोई नियंत्रण है और न ही किसी व्यवस्था पर वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से जनता पर आर्थिक बोझ लादने के इस फैसले को वापिस लेने की मांग की माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि यदि सरकार ने जन विरोधी निर्णय को वापिस नहीं लिया तो पार्टी प्रदेशव्यापी जन आंदोलन करेगी वहीं जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी ने भी राज्य सरकार के बस किराए में बढ़ोतरी के फैसले की कड़ी निंदा की है समिति ने सरकार से अपने फैसले पर समीक्षा करने और किराया बढ़ोतरी को जल्द वापिस लेने की मांग की

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त वेंटीलेटर्स भिलने से आपात स्थिति में कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिलेगी